प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम होगा समाप्त भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर और शामली में जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ में किया प्रचार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन कल कानपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम पाल ने भरा अपना नामांकन पत्र उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टी पर्ची वीपी पैट से कराने के दिये निर्देश भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल अपना घोषणा पत्र जारी किया पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद पैंतीस ए को समाप्त करने किसानों की आय दोगुनी करने और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया है पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाशत न करने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को सशक्त बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से बसने पर रोक लगाने की प्रतिबद्वता दोहराई है पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी सत्ता में आने पर एक लाख रूपये तक के लघ् अवधि के नये कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी यह ऋण पांच वर्ष तक और मूलधन के जल्द भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी थी है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी लघु और सीमान्त किसानों के लिए साठ वर्ष की उम्र के बाद पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद पैंतीस ए को समाप्त करने की प्रतिबद्वता व्यक्त की है श्री सिंह ने कहा कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के अस्थाई निवासियों और महिलाओं के लिए मेदभावपूर्ण है संकल्प पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख वाहक के रूप में पहचान किये गये बाईस बड़े चैंपियन सैक्टर को अधिक सहायता देकर रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है उन्होंने बताया कि दो हजार चौबीस तक सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर इसमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सभी छोटे दुकानदारों पर भी लागू होगी उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के कल्याण और विकास को सभी स्तरों पर उच्च प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने कहा कि भाजपा सौहार्दपूर्ण माहौल में जितनी जल्दी संमव हो मंदिर निर्माण की नई संभावनाओं का पता लगाएगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणा पत्र समाज के सभी वर्गो की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है उन्होंने कहा कि इसमें भलीभांति परिभाषित पचहत्तर संकल्प हैं जिन्हें समयबद्व तरीके से पूरा किया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि पार्टी देश को समृद्व बनाने के लिए एक उद्देश्य और एक दिशा के साथ आगे बढ़ेगी वन मिशन वन डायरेक्शन हम देश को समुद्ध बनाने के लिए समान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए लास्ट माईल डिलीवरी की और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ने का हमारा निर्धारित मंत्र है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की आलोचना की है तथा इसे झूठ का पुलिन्दा बताया है झूठे के प्लिन्दे की दूसरी किस्त भाजपा ने जारी की

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जायेगा पहले चरण की आठ संसदीय सीटों पर ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे इस चरण के चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है दिग्गज नेताओं द्वारा चुनावी रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर और शामली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने शांति सौर्हाद और विकास के लिये भाजपा को वोट देने की अपील की उन्होंने कहा कि रोजगार आवास और सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार के रहते ही मुमकिन है श्री योगी ने कांग्रेस सपा और बसपा पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया

मेरठ हापड़ लोकसभा सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने कल जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया मायावती ने कहा कि देश में भाजपा शासित राज्यों में दलित और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है मायावती ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर गरीब को छह हजार रूपये की जगह स्थाई रोजगार देने का कार्य करेंगे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेरठ हापुड़ में कल रोड शो और नुक्कड़ संभाये कर वोट मांगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले मुख्य उम्मीदवारों में मैनपुरी से सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव रामपुर से भाजपा की जया प्रदा और सपा के मोहम्मद आजम खां वहीं बरेली से भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार बदायूं से सपा के धर्मेन्द्र यादव और संभल से कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह शामिल है इस चरण में प्रदेश की दस लोकसभा सीटों के लिये तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है इस चरण के लिये उम्मीदवार आज तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं कानपुर लोकसभा सीट से भाजपा के सत्यदेव पचौरी और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रामक्मार सहित नौ लोगों ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया अकबरप्र लोकसभा सीट के लिये कल तेरह प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किये इनमें मुख्य रूप से भाजपा के देवेन्द्र सिंह भोले कांग्रेस से राजाराम पाल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से महेन्द्र सिंह यादव शामिल थे कन्नौज संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुव्रत पाठक हरदोई से सपा प्रत्याशी ऊषा वर्मा भाजपा से जय प्रकाश रावत और कांग्रेस से वीरेन्द्र वर्मा सहित पांच लोगों ने कल अपने पर्चे भरे वहीं मिश्रिख से चार और हमीरपुर में दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित सात प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया चौथे चरण में दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच कल यानी दस अप्रैल को जायेगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं इस चरण में प्रदेश की तेरह लोकसभा सीटों पर उन्तीस अप्रैल को मतदान होगा उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पृष्टि पर्वी वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है न्यायालय का यह आदेश इक्कीस विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम पचास प्रतिशत वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम से डाले गये मतों से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था याचिकाकर्ताओं ने निवार्चन क्षेत्र के किसी भी एक बूथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी च्नौती दी है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक बताते हुए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में कम से कम छह दिन की देरी हो सकती है इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैम्पल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है

आज मॉ भगवती के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की उपासना की जा रही है मिर्जापूर जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं